विधेयक चर्चा और पारित कराने के लिए आज सदन में पेश किया गया विधेयक लोकसभा में पहले ही पारित हो चुका है गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि नागरिकता संशोधन विधेयक दो हजार उन्नीस मुसलमानों के खिलाफ नहीं है उन्होंने कहा कि देश के नागरिक के रूप में मुसलमानों को प्राप्त अधिकार उन्हें मिलते रहेंगे राज्यसभा में विधेयक पेश करते हुए गृहमंत्री ने कहा कि यह दुष्प्रचार किया जा रहा है कि यह कानून एक समुदाय विशेष के खिलाफ है जो सच नहीं है श्री शाह ने मुसलमान समुदाय को आश्वस्त किया कि उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है और इस विधेयक में कुछ भी उनके खिलाफ नहीं है मान्यवर मैं पूछना चाहता हूं जो इस देश के मुसलमान हैं इसके लिए इस देश के अंदर कोई चर्चा का कोई चिंता का सवाल ही नहीं है वो नागरिक है रहेंगे उनको कोई प्रताड़ित नहीं करेगा गृहमंत्री ने पूर्वोत्तर राज्यों के लोगों की आशंकाएं दूर करते हुए कहा कि इससे उनके हितों पर कोई विपरीत असर नहीं पड़ेगा उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार पूर्वोत्तर के लोगों की सांस्कृतिक सामाजिक और भाषायी पहचान बनाये रखने के लिए प्रतिबद्व है तीनों पड़ोसी देश इनके धार्मिक अल्पसंख्यकों को संरक्षण देकर इनको नागरिक बनाने की प्रक्रिया का अमेंडमेंट लेकर आए और पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं उनके अधिकारों को उनकी भाषा को उनकी संस्कृति को और उनके सामाजिक पहचान को संरक्षित करने के लिए भी इसके अंदर हम चिंता करते हुए प्रावधान लेकर आए श्री अमित शाह ने कहा कि इस कानून से पड़ोसी देशों पाकिस्तान अफगानिस्तान और बांग्लादेश में धार्मिक उत्पीड़न झेल रहे लोगों के जीवन में रोशनी आयेगी उन्होंने कहा कि भारत में कई दशकों से रह रहे ऐसे लोगों को सभी अधिकार और सुविधाएं दी जायेंगी श्री शाह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणापत्र में कहा था कि पार्टी धार्मिक उत्पीड़न झेल रहे भारत में रहने वाले लोगों के साथ न्याय करेगी और उन्हीं की मुश्किलों को कम करने के लिए यह कानून बनाया जा रहा है कांग्रेस के आनंद शर्मा ने सदन में विवेयक पर चर्चा शुरू करते हुए आरोप लगाया कि यह विवेयक संविधान की मूल संरचना के खिलाफ है उन्होंने कहा कि नागरिकता देने के लिए संविधान में जब भी संशोधन किये गये धर्म को कभी भी आधार नहीं बनाया गया प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने नागरिकता संशोधन विधेयक दो हजार उन्नीस को ऐतिहासिक बताते हुए कहा है कि इससे पड़ोसी देशों के अत्यसंख्यकों को धार्मिक उत्पीड़न से मुक्ति मिल जायेगी उन्होंने कहा कि यह कानून बनने से उन लोगों के जीवन में अस्थिरता खत्म हो जायेगी जो भारत में रह रहे हैं लेकिन उन्हें नागरिकता अधिकार और अन्य सुविधाएं हासिल नहीं हो पाती आज सयेरे नई दिल्ली में भाजपा संसदीय दल की बैठक के बाद संसदीय कार्यमंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि प्रधानमंत्री ने कहा है कि यह कानून इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज किया जायेगा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सामाजिक समानता के लिए पूरे देश में एक समान शिक्षा प्रणाली को आवश्यक बताया है लखनऊ में आज एक शैक्षणिक कार्यक्रम को संबेधित करते हुए श्री योगी ने कहा कि राष्ट्र में एक समान शिक्षा प्रणाली लागू करने के लिए सभी राज्यों के बीच सहमति बनाने के लिए सार्थक पहल की जरूरत है उन्होंने कहा कि शिक्षा मनुष्य के व्यक्तित्व निर्माण का आधार होती है और इसी आधार पर एक आदर्श समाज और सुदृढ़ राष्ट्र का निर्माण होता है श्री योगी ने कहा शिक्षा प्रणाली को ऐसा होना चाहिए कि वह व्यक्ति को स्वावलम्बी बनाने के साथ साथ उसे एक योग्य एवं सक्षम नागरिक बनाने में भी मदद करे उन्होंने कहा कि इसके लिए पूरे देश में शिक्षा का पाठ्यक्रम एक होना आवश्यक है श्री योगी ने कहा कि इससे फ्र्वानमंत्री नरेन्द्र मोदी के एक भारत श्रेष्ठ भारत की संकल्पना को भी बल मिलेगा मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक बदलाव किये हैं कायाकल्प योजना से स्कूलों में अवस्थापना सुविधाओं को बढ़ाया गया है जिससे पिछले ढाई वर्ष में बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में पचास लाख विद्यार्थी बढ़े हैं केंद्रीय जल संसाधन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि गंगा को पहले जैसा स्वच्छ बनाने के लिए सरकार गंगा एक्शन प्लान तैयार करेगी श्री शेखावत ने कहा कि इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कानपुर दौरा महत्वपूर्ण साबित होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चौदह दिसम्बर को कानपुर आएंगे इस दौरान पांच राज्यों के मुख्यमंत्री भी साथ होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन से पूर्व श्री शेखावत आज कानपुर पहुंचे उन्होंने तैयारियों का जायजा लेते हुए अटल घाट और गंगा बैराज का निरीक्षण किया

उन्होंने अधिकारियों को साफ सफाई के लिये जरूरी दिशा निर्देश भी दिये केन्द्र सरकार ने कहा है कि कर्मचारी चयन आयोग ने इस वर्ष और अगले वर्ष के लगभग एक लाख से अधिक पदों को भरने के लिए चयन प्रक्रिया शुरू कर दी है